प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आज होगी जारी

चुनाव आयोग ने मतदान का समय भी अधिसूचित कर दिया है

स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए है प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चूनाव की अधिसूचना आज जारी की जायेगी इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा

इनमें गंगानगर बीकानेर चूरू झुन्झुन्ने सीकर जयपुर ग्रामीण और शहर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा और नागौर सीटें शामिल है

इसके बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो सकेगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा है कि राज्य में दोनों चरणों में स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले की निंदा की है अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले को अत्यन्त दुखद करार दिया है एक ट्वीट में श्री गांधी ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुख की इस घड़ी में शोकसंतप्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है गौरतलब है कि कल छत्तीसगढ के दंतेवाडा में नक्सलियों ने भाजपा विधायक के काफिले को आईईडी धमाके से उडा दिया था हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई और कुछ जवान शहीद भी हुए प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिये भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभाएं तय कर दी है

भाजपा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम समन्वयक और प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि पार्टी ने श्री मोदी की सभाओं को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है

इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोनिया गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल आनंद शर्मा रणदीप सुरजेवाला और विवेक बंसल शामिल हैं इसके अलावा इस सुची में राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा हरीश चौधरी रमेश मीणा को भी जगह दी गई है सूची में लम्बे समय तक भाजपा में रहे और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए घनश्याम तिवाड़ी का नाम भी शामिल है प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिये चलाये जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत कल झालावाड के झालरापाटन में मत के महत्व पर नाटक मंचन कविता पाठ गायन और गोष्ठी का आयोजन किया गया

मतदान के लिये लोगों को शपथ भी दिलाई गई अंत में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया

दोनो ही मामलों में आरोपी फरार हो गये पुलिस मामले की जांच कर रही है जालौर में ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर आहोर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को निलंबित कर दिया

इस मौके पर आकाशवाणी के एम आई रोड़ स्थित परिसर में वाणी तरंग समारोह आयोजित किया जायेगा समारोह में मुख्य आयोजन शास्त्रीय संगीत पर आधारित सिम्फनी रही जिसे वरिष्ठ संगीत रचनाकार पंडित आलोक भट्ट ने तैयार किया था इसके अलावा प्रदेश के कई नामी लोककलाकारों ने समारोह में अपनी प्रस्तुति दी